केंद्र सरकार ने कल राज्यसभा में जम्मू कश्मीर प्नन्गठन विधेयक पारित किया है विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा होगी इस विधेयक में लद्दाख को बिना विधानसभा के केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में मंजूरी दी गई है वहीं जम्मू कष्मीर को विधानसभा के साथ केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव किया गया है

इससे पहले विधेयक का विरोध करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी अजाद ने आरोप लगाया कि इस विधेयक को लाकर एनडीए सरकार ने पिछले बीस से तीस वर्षो के दौरान हुए एकीकरण को छिन्न भिन्न कर दिया है

इस बिल में ट्रांसजेंडरों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण का प्रावधान है

इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक को भी पास कर दिया है

वहीं मोटर वाहन विधेयक और मेडिकल कमीशन विधेयक को भी लोकसभा ने मंजूरी दी इसके साथ ही दोनों विधेयक संसद से पारित हो गए हैं

आईएमए मुख्यालय में आपातकालीन कार्रवाई समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया वहीं एम्स छात्र संगठन ने अपने बयान में कहा है कि बिल के कुछ प्रावधान संशोधित किए जाने चाहिए ये प्रावधान नेशनल एक्जिट टेस्ट की अनिश्चितता सामुदायिक स्वास्थ्य डॉक्टरों के विनियमन और स्वास्थ्य सेवा के केंद्रीकरण से जुड़े हैं रेल समिति राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इंदौर मनमाड़ ब्राडगेज रेल लाइन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है प्रदेश के मुख्य सचिव समिति के पदेन अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वहीं समिति में वित्त वन योजना परिवहन लोक निर्माण राजस्व और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिवों को सदस्य नियुक्त किया गया है पेंशन योजना राज्य शासन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय वृदधावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में हुई आनियमितताओं के संबंध में मंत्रि परिषद समिति का पुनर्गठन किया है समिति में वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री तरूण भनोत पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल और श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया को शामिल किया गया है अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन समिति के संयोजक होंगे

आब्सटेट्रिक आईसीयू एचडीयू में गंभीर जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर इलाज और देखभाल की व्यवस्था होगी अमृत कलश में संग्रहीत मातृ दुग्ध मां के दूध से वंचित शिश्राओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहेगी इनमें आधुनिक मशीनों उपकरणों और तकनीक का उपयोग किया गया है मौसम राज्य के ज्यादातर जिलों में रुक रुककर बारिश का दौर जारी है पिछले चौबीस घण्टों के दौरान इंदौर संभाग के जिलों में ज्यादातर स्थानों पर वहीं उज्जैन चंबल होशंगाबाद भोपाल शहडोल और रीवा संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई

इसका टाइटल ष्प्रश्नों के सही उत्तर बताओ हिन्दुस्तान का दिल घूमकर आओष् है

मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज का उद्देश्य स्कूली छात्रा छात्राओं को प्रदेश के समृद्ध इतिहास परम्पराओं ऐतिहासिक धरोहर सांस्कृतिक रंगों कला प्राकृतिक समृदधि महापुरूषों पर्यटन महत्व की संभावनाओं से परिचित कराना तथा उनमें सीखने की प्रक्रिया विकसित करना है जरा याद करो कुर्बानी प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अविस्मर्णीय वीर गाथाओं पर प्रादेशिक समाचार एकांश कल से एक खास श्रृंखला शुरू की गई है इसके माध्यम से हम आज़ादी की लड़ाई में इन जन नायकों के योगदान को याद करेंगे साथ ही बहादुरी के कई जाने अनजाने किस्सों से भी रूबरू होंगे